आज विश्व रेडियो दिवस पर एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने रेडियो के सभी श्रोताओं को शुभकामनायें दीं और रेडियो से जूडे उन सभी को बधाई दी है जो अपने श्रोताओं को रेडियो से नवीन सामग्री और संगीत की ग्रंज स्नाते हैं श्री मोदी ने एक शानदार माध्यम के रूप में रेडियो की सराहाना करते हए कहा कि यह समाज को घनिष्टता से जोड़ता है श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने हर महीने आकाशवाणी पर प्रसारित मन की बात कार्यक्रम के लिए रेडियो के सकारात्मक प्रभाव का व्यक्तिगत रूप से अन्भव किया है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं श्री नायडू ने कहा कि रेडियो संचार का एक लोकप्रिय माध्यम होने के साथ ही सूचना और मनोरंजन का भी एक प्रमुख स्रोत है सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावेडकर ने विश्व रेडियो दिवस पर सभी को शुभकामनाएं दी हैं एक ट्वीट में श्री जावेडकर ने कहा कि रेडियो का लगातार विस्तार हो रहा है भाजपा प्रशिक्षण उज्जैन में भाजपा विधायकों का प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किया जा रहा है इसमें भाग लेने के लिए आज सुबह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उज्जैन पहुंचे श्री चौहान के बाद के बाद बंगाल प्रभारी व राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय प्रशिक्षण में पहंचे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेद्र सिंह तोमर कल ही उज्जैन पहंच गए थे मांडू उत्सव धार जिले में स्थित माण्ड् की ऐतिहासिक धरोहर और विशिष्ट स्थापत्य कला से पर्यटकों को रूबरू कराने के लिए खोजने में खो जाओ थीम पर तीन दिवसीय माण्ड् उत्सव आज से श्रू हो गया है उत्सव के दौरान विभिन्न संगीतमय प्रस्त्तियाँ एडवेंचर स्पोर्ट्स हेरिटेज वॉक साइकिलिंग जैसी गतिविधियों होंगी प्रम्ख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति शिवशेखर श्क्ला ने बताया कि माण्ड्र उत्सव के दौरान सभी उम्र के पर्यटकों के लिए उनकी रुचि अन्सार गतिविधियाँ आयोजित की जाएगी खाने के शौकीन लोगों को परंपरागत व्यंजनों के साथ स्थानीय व्यंजनों का तड़का देने के लिए विशेष स्टॉल लगाए गए हैं

मौसम अब खबर मौसम की वर्तमान में कोई वेदर सिस्टम सक्रिय नहीं होने की वजह से प्रदेश में मौसम श्ष्क बना हआ है आसमान साफ रहने के कारण ध्रप में तल्खी महसूस होने लगी है वर्तमान में हवा का रुख उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी हो रहा है उत्तर भारत की तरफ से आने वाली सर्द हवाओं के कारण दिन का तापमान अधिक नहीं बढ़ पा रहा है साथ ही रात में ठंड बरकरार है मौसम विभाग के मुताबिक दो तीन दिन तक मौसम का मिजाज इसी तरह बना रहेगा

वहीं जिला स्तरीय सेमिनार में विद्यार्थियों ने निबंध चित्रकला स्लोगन और क्विज प्रतियोगिताओं को हिस्सा लिया